राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल कल पूरा हो जाएगा इस अवसर पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोर्रन ने कल मोरहाबादी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया इस मौके पर रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि तमाम विपरित परिस्थितिर्यो के बावजूद सरकार ने हर व्यक्ति को भोजन कपड़ा और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है उन्होंने बताया कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों के लिए पचास हजार रूपये तक की कर्ज माफी की योजना शुरू होगी इसके साथ ही पन्द्रह लाख परिवारों को हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा इसी दिन जन वितरण प्रणाली की द्कानों के माध्यम से गरीबों को धोती साड़ी और लूंगी देने की योजना शुरू की जाएगी इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी राज्य सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है राज्य में हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की पहली वर्शगांठ पर कल सभी जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा

इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख ग्यारह हजार छह सौ चौसठ हो गई है पिछले चौबीस घंटे में एक सौ बाईस नए संक्रमितों की भी पहचान हुई है राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब एक लाख चौदह हजार दो सौ अड़सठ हो गई है हालांकि इनमें एक हजार पांच सौ पचासी केस ही सक्रिय हैं

मंत्रालय ने कल इससे संबंधित दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है श्री मोदी ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में राज्य के गढ़वा जिले के हीरामन कोरबा का जिक किया उन्होंने बताया कि हीरामन ने झारखण्ड की संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए एक सराहनीय प्रयास किया है हीरामन ने यहां कि विलुप्त होती कोरबा जनजाति के संरक्षण के लिए बारह वर्षों के अथक मेहनत के बाद एक शब्दकोष बनाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि हीरामन ने कोरबा समुदाय के लिए जो कर दिखाया है

उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं अब्दुल माजिद की गिरफ्तारी गुजरात एटीएस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है वह पिछले चौबीस वर्शो से फरार चल रहा था अब्दुल माजिद मुल रूप से केरल का रहने वाला है जम ीदपुर में वह अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था

इस रेलगाड़ी में फूलगोभी शिमला भिर्च पत्ता गोभी सहजन भिर्च और प्याज जैसी सब्जियों के साथ अंगूर संतरा अनार केला और शरीफा तथा अन्य फल सब्जियां ले जाई जाएगी मार्ग पर गाड़ी रुकने पर इन वस्तुओं के उतारने और लादने की अनुमति रहेगी और खेप के आकार पर कोई सीमा नहीं रहेगी

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली किसान रेल इस वर्ष सात अगस्त को देवलाली से दानापुर के लिए शुरू की गई थी जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढा दिया गया था

इस अनूठी पहल से आरामदायक यात्रा और लोगों की सुगम आवागमन के एक नये युग की शुरूआत होगी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन करेंगे देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे

यह खण्ड स्थानीय उद्योगों जैसे कानपुर देहात जिले में एल्यूमीनियम उद्योग औरैया जिले में डेयरी क्षेत्र इटावा जिले में कपड़ा उत्पादन फिरोजाबाद जिले में कांच के सामान का उद्योग और अलीगढ़ जिले में ताले और हार्डवेयर उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा

विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान चुने गए हैं अंतरराश्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले महेन्द्र सिंह धोनी द ाक की सर्वश्रेश्ठ वन डे टीम में जगह बनाने वाले तीन भारतीयों में से एक हैं टीम में रोहित भार्मा और विराट कोहली को भी जगह मिली है

आज एक और ऑनलाइन समारोह आयोजित होगा जिसमें द ाक के सर्वश्रेश्ठ क्रिकेटर घोशित किए जाएंगे

और आईये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गढ़वा के हीरामन कोरबा का जिक्र किए जाने और अंडरवर्ल्ड सरगना दाउद इब्राहीम के सहयोगी अब्दुल माजिद की जम ीदपुर से गिरफतारी की खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकार्थित किया है दैनिक भास्कर ने कोरोन संक्रमण की रफ्तार कम होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है जबकि दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड में ठंड बढ़ने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है दैनिक जागरण ने राज्य की हेमन्त सोरेन सरकार की पहली वर्शगांठ पर कल होने वाले समारोह की तैयारियों से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है प्रभात खबर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीति ा कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह को जदयू का नया अध्यक्ष बनाए जाने से संबधित समाचार को प्रथम पृश्ठ पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से संबंधित खबर को पहली सुर्खी बनाई है हिन्दुस्तान टाईम्स ने किसानों के आंदोलन सं संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है